माओवादियों ने दंतेवाड़ा जिले में एक ठेकेदार और बस्तर जिले में दो गोपनीय सैनिकों की हत्या की

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जगदलपुर में मानव विज्ञान संग्रहालय का अवलोकन किया बस्तर की जनजातीय संस्कृति और सभ्यता की सराहना की

भारतीय समय के अनुसार तड़के दो बजकर सात मिनट पर कोरू में एरियन पांच यान के जरिये जी सैट को लगभग तैंतीस मिनट में अंतरिक्ष की कक्षा में पहंचा दिया गया यह उपग्रह देशभर में ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और नई पीढ़ी की तकनीको के प्रयोग का मंच बनेगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के सीवन ने बताया कि लगभग पांच हजार आठ सौ चौव्वन किलोग्राम भार का उपग्रह पन्द्रह वर्षो से अधिक समय तक सक्रिय रहेगा रिजर्व बैंक समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष की पांचवीं द्वैमासिक मौद्रिक समीक्षा में आज बैंक दरों के बारे में यथास्थिति बरकार रखी है मुंबई में आयोजित बैठक में आरबीआई ने रेपो दर को छह दशमलव पांच प्रतिशत पर बनाए रखा है रिवर्स रेपो दर भी छह दशमलव दो पांच प्रतिशत ही रहेगी बैंक दर पौने सात प्रतिशत ही रखी गयी है वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सात दशमलव चार प्रतिशत और इसी साल की दूसरे छमाही के लिए मुद्रास्फीति की दर दो दशमलव सात प्रतिशत से तीन दशमलव दो प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है

यह घटना आज सुबह फरसपाल थाना क्षेत्र के कमलूर रेलवे स्टेशन के पास हुई मृतक का नाम गणेश नायडू बताया जा रहा है जो जगदलपुर का रहने वाला था पुलिस के अनुसार यह ठेकेदार एक निजी कंपनी का काम पेटी कांट्रेक्टर के तौर पर किया करता था माओवादियों ने ठेकेदार की हत्या करने के बाद उसके चारपहिया वाहन को भी आग के हवाले कर दिया बताया जाता है कि माओवादियों ने पहले ठेकेदार को फोन कर कमलूर बुलाया और फिर वहां उस पर हमला कर दिया घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है

वहीं बस्तर जिले में माओवादियों ने कल दो गोपनीय सैनिकों की हत्या कर दी ये घटना पखनार सप्ताहिक बाजार की है जहां ये दोनों गोपनीय सैनिक सामान खरीदने के लिए पहुंचे थे

बताया जाता है कि दोनों गोपनीय सैनिक पिछले कई दिनों से माओवादियों के निशाने पर थे गौरतलब है कि इन दिनों माओवादी पीएलजीए सप्ताह मना रहे हैं इसके मद्देनजर बस्तर संभाग में विशेष सतर्कता बरती जा रही है

प्रदेश में दो चरणों में बीते बारह नवम्बर और बीस नवम्बर को नब्बे विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था मतदान के बाद कुछ एक स्थानों पर पुनर्मतदान की मांग की गई थी सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने किसी भी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदान केन्द्र में दोबारा मतदान नहीं करने का निर्णय लिया है यह जानकारी छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संसूचित कर दी गई है उल्लेखनीय है कि छिटपुट घटनाओं को छोड़कर राज्य के सभी तेईस हजार छह सौ बहत्तर मतदान केन्द्रों में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न हो गया था इस बीच लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार ग्यारह दिसंबर को जिस दिन मतगणना होनी है उसे शुष्क दिवस घोषित किया गया है इस दिन देशी और विदेशी मदिरा बिक्री बंद रहेगी पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों को इस आदेश का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं मतगणना प्रशिक्षण विधानसभा चुनाव के तहत ग्यारह दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में रिटर्निंग अधिकारियों और मतगणना सहायकों को प्रशिक्षण देने का कार्य तय कार्यक्रम के अनुसार जारी है इसी कड़ी में आज मुंगेली जिले के लोरमी और मुंगेली विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए मतगणना सुपरवाईजर सहायक माइक्रो आर्ब्जवर सहित मतगणना देल को प्रशिक्षण दिया गया मास्टर ट्रेनरों ने मतदान कर्मियों को पहले चरण का प्रशिक्षण दिया इसी तरह बिलासपुर जिला निर्वाचन कार्यालय में भी बिलासपुर और मुंगेली जिले के अधिकारियों को मतों की गिनती के कार्य का प्रशिक्षण दिया गया इस प्रशिक्षण सत्र में बिलासपुर जिला निर्वाचन अधिकारी पी दयानंद और मुंगेली जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह उपस्थित थे राज्यपाल बस्तर प्रवास राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बस्तर की जनजातीय संस्कृति और सभ्यता को अनुपम बताते हुए इसकी सराहना की है राज्यपाल श्रीमती पटेल कल से बस्तर संभाग के दो दिवसीय प्रवास पर है इस दौरान उन्होंने जगदलपुर स्थित मानव विज्ञान संग्रहालय का अवलोकन किया उन्होंने यहां धुरवा मुरिया दण्डामी माड़िया भतरा हल्बा गदबा अबुझमाड़िया दोरला संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी वस्तुओं का अवलोकन किया राज्यपाल ने शिल्प से जुड़ी जीवंत प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और बेलर्मेटल कौड़ी लौह पाषाण काष्ठ बांस और जूट शिल्प के शिल्पकारों से मुलाकात की

इस दौरान श्री खन्ना संयंत्र के सेफ्टी एक्सीलेंस सेंटर पहुंचे और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया इसके बाद उन्होंने एक बैठक भी ली श्री खन्ना ने भिलाई निवास के परिसर में वृक्षारोपण किया इस दौरान उनके साथ संयंत्र के सीईओ एके रथ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे विश्व मुदा दिवस आज विश्व मृदा दिवस है मिट्टी को स्वस्थ बनाये रखने और इसके संसाधनों का सदुपयोग करने पर जोर देने के लिए हर वर्ष पांच दिसम्बर को यह दिवस मनाया जाता है इस वर्ष का विषय है मृदा प्रदूषण को कम करने का हल निकालें इस अवसर पर राज्य में भी अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को मिट्टी परीक्षण से होने वाले लाभ के बारे में विस्तृत जानकारियां दी गई और स्वायल हेल्थ कार्ड का वितरण भी किया गया

ऐसे पात्र व्यक्ति और अट्ठारह वर्ष की आयू पूरा कर चुके ऐसे यूवा जिनका नाम मतदाता सूची में फिलहाल शामिल नहीं हैं उनके नाम जुड़वाने के लिए अगले वर्ष एक जनवरी से मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू होगा इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ सहित पांच राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को परिपत्र जारी किया है अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सुची में शामिल होने से छूट गए पात्र व्यक्तियों के नाम सूची में शामिल करने और मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करवाया जा रहा है इसमें अट्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा भी अपना नाम जुड़वा सकेंगे आयोग के अनुसार छब्बीस दिसम्बर को विस्तुत मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा इसके बाद अगले वर्ष पच्चीस जनवरी तक इसमें दावा या आपत्ति प्रस्तुत किए जा सकेंगे इनका निराकरण आगामी ग्यारह फरवरी के पहले किया जाएगा संशोधन और नए नाम जोड़ने के बाद आगामी बाईस फरवरी को अंतिम रूप से पुनरीक्षित मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा झंडा दिवस सात दिसंबर को झंडा दिवस है इस मौके पर जिला सैनिक कल्याण परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा इसकी अध्यक्षता रायपुर कलेक्टर बसवराजु एस करेंगे कार्यक्रम में रायपुर धमतरी महासमुद बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले के भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए रायपुर स्थित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है नायब तहसीलदार निलंबित द्र्ग जिले में रिश्वत लेने के आरोप में एक महिला नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है यह महिला अधिकारी फिलहाल रायपुर में पदस्थ हैं लेकिन जिस मामले में उस पर कार्रवाई हुई है वह मामला दुर्ग का है आरोप है कि करीब तीन महीने पहले जब यह महिला अधिकारी अहिवारा के उप तहसील कार्यालय में पदस्थ थी तभी इस महिला अधिकारी का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था इस मामले में शिकायतकर्ता ने राजस्व विभाग के सचिव से शिकायत की थी जांच में प्रकरण सही पाया गया जिसके बाद तहसीलदार को राज्य सरकार ने निलंबित कर मुख्यालय में अटैच कर दिया है मजदूर बंधक गरियाबंद जिले के करीब तीस मजदूरो को तेलंगाना में बंधक बनाने का समाचार मिला है इन्हें छुड़ाने के लिए जिला प्रशासन की एक टीम भेजी गई है तेलंगाना में बंधक बनाये गए श्रमिक कनसिंधी डांगनबाय और छुरा गांव के निवासी बताए जाते हैं इसमें नौ महिलाएं और आठ बच्चें भी शामिल हैं ये मजदूर करीब तीन महीने पहले ओडिसा के एक दलाल के साथ रोजी रोटी की तलाश में तेलंगाना गये थे इन श्रमिकों के परिजनों ने जिला प्रशासन के समक्ष उन्हें वहां बंधक बनाकर प्रताड़ित किए जाने की शिकायत की है